बिहार में अब तक बहत्तर संदिग्ध मामले पाये गये

देश में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के एक सौ इक्यावन मामलों की प्रष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इनमें से एक सौ छब्बीस भारतीय हैं और पच्चीस विदेशी नागरिक हैं अब तक चौदह लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और कुल तीन लोगों की मौत हुई है इधर बिहार में अब तक कोरोना वायरस के बहत्तर संदिग्ध मामले सामने आये हैं जिसमें जांच में ज्यादातर निगेटिव पाये गये हैं आज दस लोगों को पीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण अभी सामुदायिक स्तर पर नहीं पहुंचा है उन्होंने कहा कि भारत में इसका संक्रमण अभी चरण दो पर ही स्थिर है

ये वायरस का स्थानीय संकमण यानी लोकल ट्रांसमीशन है लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि सामुदायिक संक्रमण यानी कॉम्युनिटी ट्रांसमीशन नहीं हो सकता यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी सख्ती से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद करते हैं इस सिलसिले में सरकार ने अपनी तरफ से कई कदम उठाए हैं जिससे इसकी रोकथाम में मदद मिलेगी डॉक्टर भार्गव ने बताया कि अलग अलग जगहों से लिये गये पांच सौ नमूनों में से किसी में भी नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया उन्होंने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की बहत्तर प्रयोगशालाओं में इस वायरस की जांच की व्यवस्था है इनके अलावा सरकारी क्षेत्र की उनचास अन्य प्रयोगशालाओं को भी इस काम में जोड़ा गया है भारतीय सेना में कोविड नाईनटिन के संक्रमण का पहला मामला लेह में मिलने के बाद सेना ने आज सभी सैनिक खेलों सम्मेलनों और प्रशिक्षण गतिविधियों पर एहतियात के तौर पर रोक लगा दी है सेना ने कहा कि सैनिकों की छुट्टी से लौटने पर उनमें फ्लू जैसे लक्षणों की जांच की जाएगी सेना ने सर्विस सलेक्शन बोर्ड सहित देशभर की सभी भर्ती रैलियों पर रोक लगा दी है हमारे संवाददाता ने बताया कि जवानों को छुट्टी से लौटने पर क्वेरंटीन में रखने की व्यवस्था की जा रही है वायुसेना ने भी इस सप्ताह होने वाली वायूसेना परीक्षा को टाल दिया है राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि जरूरत के अनुसार अपने जिले के सभी शॉपिंग मॉल को बंद करवायें इधर इस निर्णय के बाद राजधानी पटना में सभी शॉपिंग मॉल तत्काल प्रभाव से इकतीस मार्च तक के लिये बंद कर दिये गये हैं दरभंगा जिले के सभी मॉल को भी बंद कर दिया गया है इस दौरान दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुएं और दवाओं से संबंधित काउंटर खूले रहेंगे पटना उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के लिए रोस्टर प्रणाली शुरू की है जिसमें अलग अलग दिनों में काम करने की व्यवस्था है ताकि अधिवक्ताओं की भीड़ को कम करके कोरोना वायरस के खतरे को टाला जा सके उच्च न्यायालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि इकतीस मार्च तक केवल जमानत और तत्काल सुनवाई वाले मामले ही न्यायालय के समक्ष लाए जाएंगे एक अन्य अधिसूचना में न्यायालय प्रशासन ने आज से ही राज्य की निचली अदालतों में कामकाज का समय सुबह सात बजे से दिन में एक बजे तक तय किया है इस बीच उच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों की गवाही जेल से ही वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से कराने पर जोर दिया है अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गूलेरिया ने बताया कि हर तरह की खांसी कोरोना वायरस से संक्रमण का लक्षण नहीं है

तमी आपको जो बूखार खांसी है उसका शक हो सकता है कि कोरोना वायरस के कारण है अगर किसी को वैसे खांसी हो रही है जो मौसम के साथ जुकाम नजला होता है वो ही है इसमें कोई घबराने की बात नहीं है मैक्स अस्पताल समूह के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह ने मास्क के महत्व के बारे में बताया

हैंथ सैजिटाइजेशन शायद ज्यादा जरूरी है मास्क से बट अगर आपके ऊपर कफ करता है या कोई खासी कर रहा है आप उसको रोक नहीं पाओगे तो आप कम से कम मास्क हो आईज कवर्ड हो स्पेक्स से या गोगल से ये बहत हेल्प फूल तरीके हैं मास्क लेकिन कवर करना है तो नोज से लेकर नीचे तक और दूसरा ध्यान मास्क का ये है कि आपको हाथ से बार बार एर्जेस्ट नहीं करना है संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केन्द्र सरकार भोजपुरी राजस्थानी और भोती भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सकारात्मक पहल कर रही है श्री मेघवाल लोकसभा में इससे संबंधित प्रश्न का जवाब दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने अगले महीने तक किसी भी तरह के आन्दोलन या प्रदर्शन में भाग न लेने का फैसला लिया है पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोवल कोरोना वायरस के मद्देनजर ऐसा करने की इच्छा व्यक्त की है साउंड बाईट अगले एक महीने तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का जन आंदोलन नहीं करेगी न ही किसी प्रदर्शन में भाग लेगी कोई अगर विषयों के बारे में चर्चा करनी होगी तो चार पांच हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता संबंधित अधिकारी को ज्ञापन देंगे लेकिन आंदोलन से अपने आप को दूर रखेंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की अपील की है

कटिहार जिले में शिकायत मिलने के बाद मिरचाई बाड़ी में एक निजी विद्यालय के खुला रहने पर प्रशासन की ओर से छापेमारी की गयी इधर संक्रमण रोकने के लिये शेखपुरा जिले में सभी यात्री बसों से पर्दे हटाये जा रहे हैं और सीट कवर बदला जा रहा है दरभंगा में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में परीक्षा के लिये आवेदन करने से वंचित छात्रों को बिना दंड के फार्म भरने का मौका दिया जायेगा रोहतास जिले में एहतियात के तौर पर सासाराम सदर अस्पताल में सौ बिस्तरों का आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है राज्यसभा चुनाव के लिये प्रदेश के सभी पांच उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं जदयू के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर भाजपा के विवेक ठाकुर और राजद के प्रेमचंद गुप्ता तथा एडी सिंह को निर्वाची अधिकारी ने आज निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंप दिया वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र अंतर्गत घटारो चौक के पास सात अपराधियों ने ग्रामीण बैंक की शाखा से दिन दहाड़े आठ लाख रुपये लूट लिये कटिहार जिले में पुलिस अधीक्षक ने काम में लापरवाही बरतने के आरोप में तीन थानाध्यक्षों का तबादला कर दिया है

बिहार में अब तक बहत्तर संदिग्ध मामले पाये गये